आयोग ने सभी राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारियों को पिछले दिनों भेजे गए पत्र में यह बात कही है

इसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विरूद्व अगर कोई आपराधिक मामले दर्ज है तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित प्रसारित करना अनिवार्य होगा राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी गलहोत्रा ने कहा है कि राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे श्री गल्होत्रा कल शाम अजमेर में पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य भर में आपराधिक किस्म के लोगों को पाबंद किया जा रहा है तथा सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर है ताकि कोई माहौल को खराब ना कर सके उन्होने बताया कि आचार संहिता के उल्लघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री गल्होत्रा ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस अधीक्षको को ऐसे लोगों की सुची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जो चुनाव में माहौल को खराब कर सकते हैं इससे पहले अजमेर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक में महा निदेशक ने संभाग में जा रही तैयारियों का ब्यौरा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने विधानसभा चुनाव के मददेनजर कल प्रदेश में पार्टी के जिला अध्यक्षों से फोन कॉल के जरिये संपर्क किया श्री गांधी ने उन लोगों से बूथ ब्लॉक और जिला स्तर पर होने वाले कार्यो को लेकर बातचीत की मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को मौसमी बीमारियों के संबंध में विशेष संतर्कता बरतने और उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं श्री गुप्ता कल जयपुर में वीडियो कांफ़ेस के जरिए जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मलेरिया स्कब टाइफस डेंगू और जीका मच्छरजनित बीमारियां हैं इसलिए सबसे पहले हमें साफ सुथरा वातावरण बनाना होगा उधर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने भी कल शाम जयपुर में जीका वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए की जा रही हैल्थ स्क्रीनिंग जांच व उपचार की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की उन्होंने बताया कि जीका वायरस क्षेत्रों में स्क्रीनिंग के साथ ही एंटीलार्वा गतिविधियां संचालित की जा रही है

अब इनमे जीका वायरस का कोई क्लिनिकल लक्षण नहीं है राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलपति आरपी सिंह पर कुलपति के तौर पर कामकाज करने पर रोक लगा दी है मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने कल मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये खंडपीठ ने यह आदेश जेएनवीयू जोधपूर और एमडीएस विश्वविद्यालय में कूलपतियों की नियुक्ति सम्बंधी नियमों में किए गए संशोधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के तहत याचिकाकर्ता की ओर से पेश संशोधित आवेदन स्वीकार करते हुए जारी किए

कल नई दिल्ली में चौथे औद्योगिक क्रांति केन्द्र का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में वह क्षमता है जो मानव जीवन का वर्तमान और भविष्य बदल सके

उन्होंने कहा कि जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तब देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कुल तीन करोड़ अस्सी लाख थी जो पिछले चार वर्षो में बढ़ कर छह करोड़ छियासी लाख हो गई है

भरतपुर में ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेले का आयोजन कल से होगा

उन्होंने बताया कि मेले में नौटंकी ढोला गायन कब्बाली और कवि सम्मेलन के आयोजन होंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो किकेट टेस्ट मैचों की सीरिज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से हैदराबाद में होगा पहला मैच जीतकर भारतीय टीम श्रृंखला में एक श्रन्य से आगे है

पुरूषों की ऊंची कुद की स्पर्धा में शरद कुमार ने स्वर्ण पदक जीता इसी स्पर्धा में वरूण सिंह भाटी को रजत और एम थंगावेल्लू को कांस्य पदक मिला राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता